प्रदेशमर में नववर्ष उत्सव गुडी पडवा चेटीचण्ड के रूप में मनाया जा रहा है राज्यपाल कल्याण सिंह और विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने प्रदेशवासियों को चेटीचण्ड पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि वरूण अवतार भगवान झूलेलाल की आराधना में मनाये जाने वाले चेटीचण्ड का विशेष महत्व है जिन्होंने समाज में सद्भाव समानता भाईचारे और मैत्री का संदेश देकर नैतिक और मानवीय मूल्यों की राह दिखाई थी उनके संदेश समाज के लिए आज भी प्रासंगिक है आज ही घट स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र पर्व भी शुरू हुआ इस मौके पर प्रदेशमर में देवी मंदिरों को सजाया गया है

बांसवाडा के त्रिपुरा सुन्दरी माता मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या श्रद्वालू पहुंच रहे हैं इधर बांसवाडा में ही घोटिया आम्बा मेला कल से शुरू हुआ करौली में चल रहे कैलादेवी देवी मेले में अब तक आठ लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किये बीकानेर के जूनागढ में आज शाम महाआरती का आयोजन किया जाएगा वहीं करणी माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई सवाईमाघोपुर के चौथ के बरवाडा मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है

इस दौरान साढ़े छह हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा

सवा दो करोड रूपये की लागत से शुरू की गई इस योजना के तहत गांव के हर घर में बीसलपुर के पानी की आपूर्ति होगी इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि हर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र समान बुनियादी सुविघाएं उपलब्ध होनी चाहिए इसी के तहत माकडवाली गांव को घर घर जलापूर्ति योजना से जोडा गया है

श्री शेखावत ने कल जयपुर में सीआईआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही उन्होंने उद्यमियों से प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में राजस्थान पहली पसंद बन गया है उन्होंने कहा कि विकसित औद्योगिक क्षेत्र कच्चे माल की सहज उपलब्धता कुशल मेन पॉवर बिजली पानी आवागमन के साधन और कानून व्यवस्था आदि औद्योगिक विकास के अनुकल सुविधाओं और उद्योगोन्मुखी माहौल बनने से राज्य इस स्थिति में पहुंचा है

वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से कल आंधप्रदेश के श्रीसेलम में उगाडी उत्सव को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार जन आंदोलन की शक्ति को समझती है और उसने इसे महत्वपूर्ण माना है

भारत और राजस्थान के युवाओं में नई ऊर्जा नई स्फूर्ति की कमी नहीं है उन्होंने कल जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान युवाओं से अपील की कि वे नए विजन के साथ नए भारत के निर्माण में जुटे

कल जिला कलक्टर ने अभय कमाण्ड सेन्टर का निरीक्षण किया और कैमरे लगाये जाने तथा मॉनिटरिंग सिस्टम की प्रगति की जानकारी लेकर शेष कार्य समय पर पूरा कराने के निर्देश दिये उन्होंने कमाण्ड सेन्टर का उपयोग बहुउद्देशीय सेवाओं की निगरानी और समस्या निराकरण में किये जाने के निर्देश भी दिये

बांगलादेश ने अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया